स्रक्षित रहें और तीन आसान उपायों का पालन करें

पश्चिम बंगाल में सत्तारुढ़ तृणमूल कांग्रेस ने लगातार तीसरी बार सत्ता बरकरार रखी है हालांकि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी नन्दी ग्राम सीट से च्नाव हार गई है

केरल में वामपंथी लोकतांत्रिक मोर्चा एलडीएफ लगातार दूसरी बार सत्ता हासिल करने जा रहा है तमिलनाडु में एम के स्टालिन के नेतृत्व वाली डीएमके पार्टी दस साल के बाद सत्तारूढ होने जा रही है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने पश्चिम बंगाल विधानसभा च्नाव में जीत पर तृणमूल कांग्रेस प्रमुख और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को बधाई दी है

बैठक के दौरान राज्यपाल ने प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों को कोरोना महामारी से स्रक्षित रखने के लिए आई टी बी पी से ग्रामीणों को जागरुक करने और उनकी हर संभव सहायता करने को कहा बैठक के दौरान भारत तिब्बत सीमा पर स्रक्षा की स्थिति और सीमावर्ती इलाकों में तैनात आई टी बी पी के कर्मियों के कल्याण के मुद्दे पर भी चर्चा हई राज्यपाल ने श्री प्रसाद से सीमांत इलाकों में तैनात अधिकारियों और कर्मियों से नियमित चर्चा करने और स्थानीय लोगों को म्श्किल घड़ी में सहायता करने के साथ ही उनके साथ अच्छा संबंध बनाए रखने को कहा आई टी बी पी के ए डी जी ने म्ख्यमंत्री पेमा खाण्ड् से म्लाकात की इस म्लाकात के बारे में किए गए ट्वीट में म्ख्यमंत्री ने कहा कि केंद्रीय सशस्त्र बलों की मौजूदगी से राज्य में स्थानीय निवासियों को काफी लाभ होता है कोरोना के खिलाफ अरुणाचल की लड़ाई में आई टी बी पी का साथ पाकर काफी प्रसन्नता हई है

प्रतिवर्ष तीन मई को यह दिवस मनाया जाता है इस वर्ष के विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस का विषय है सूचना से जनकल्याण जो जनहित कार्यो में सूचना के महत्व को दर्शाता है संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरस ने अपने संदेश में सभी सरकारों से कहा है कि वे स्वतंत्र निष्पक्ष और विविध मीडिया को समर्थन देने के हर संभव प्रयास करें उन्होंने कहा कि कई देशों में पत्रकारों और मीडियाकर्मियों को अपना दायित्व निभाते ह्ए प्रतिबंधों उत्पीड़न नजरबंदी और यहां तक की मौत के खतरे का भी सामना करना पड़ता है इस अवसर पर म्ख्यमंत्री पेमा खाण्डू ने अपने एक ट्वीट में लोकतंत्र की भावना को सच्चे मायने में मजबूत करने के लिए दिन रात कार्य करने वाले मीडिया कर्मियिओं को बधाई दी है म्ख्यमंत्री ने कहा कि मीडिया कर्मी जनहित के मुद्दे और विभिन्न विषयों पर जनता की राय को प्रस्त्र्त कर निर्वाचित जनप्रतिनिधियों को जिम्मेदार बनाने में अहम भूमिका निभाते है

राज्य में कोविड के सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर एक हजार चार सौ छह हो गई है और रिकवरी दर घटकर बानबे दशमलव एक आठ प्रतिशत रह गई है पिछले चौबीस घंटे में राज्यभर में कोविड जांच के लिए दो हजार चार सौ पैतीस सैंपल एकत्र किए गए प्रदेश में कोरोना के आए नए मामलों में ईटानगर राजधानी क्षेत्र से अड़तालीस लोअर स्बनसिरी से दस वेस्ट कामेंग़ और पाप्मपारे से आठ आठ लोअर दिबांग वैली और चांगलांग से सात सात लोहित से पांच तिराप से तीन नामसाई से दो तवांग अपर सियांग लोअर सियांग और ईस्ट सियांग जिले से एक एक मामले शामिल है

इस अवसर पर प्रदेश भाजपा के महासचिव जिगन् नामच्म सहित एस टी मोर्चा के कई पदाधिकारी मौजूद थे